भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चार नवंबर को रायपुर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ नवंबर को जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

नामांकन पत्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था बहत्तर सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने आज विभिन्न जिलों में नामांकन दाखिल किए राजधानी रायपुर में कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा विकास उपाध्याय और धरसींवा से अनिता शर्मा ने नामांकन भरा वही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से कोटा सीट से रेणु जोगी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी बहत्तर प्रत्याशियों ने कल एक साथ नामांकन दाखिल किए थे दूसरे चरण के तहत भरे गए नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी वहीं उम्मीदवार पांच नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे प्रदेश में दो चरणों में चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में अट्ठारह सीटों के लिए बारह नवंबर को और दूसरे चरण में बहत्तर सीटों के लिए बीस नवंबर को मतदान होगा बसपा प्रत्याशी सूची प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बहजन समाज पार्टी ने आज अपने शेष चार प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है जारी सूची के अनुसार पार्टी ने पाली तानाखार सीट से तपेश्वर मरावी भरतपुर सोनहत से कृष्णा प्रसाद चेरवा खरसिया से नारायण सिदार और अम्बिकापुर से सीताराम मानिकपुरी को अपना प्रत्याशी बनाया है गौरतलब है कि प्रदेश में बहजन समाज पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बसपा तैंतीस सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पचपन सीटों पर और सीपीआई ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं इधर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर विधायक रेणु जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई हैं वे कोटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है अमित शाह दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चार नवंबर को रायपुर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ नवंबर को जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और सुनील सोनी ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चार रायपुर आएंगे और पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में किए गए विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है विस चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ प्रचार अभियान तेज हो गया है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज धमतरी जिले की नगरी और कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया वहीं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने दंतेवाड़ा जिले के गीदम में आयोजित सभा में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया सी टॉप्स ऐप भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान दलों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर सी टॉप्स ऐप बनाया गया है

इस ऐप के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक अपडेट होते रहेंगे इस ऐप में मतदान केंद्र की जिओ टैगिंग की गई है जिससे मतदान दल के निर्वाचन क्षेत्र के लिए रवाना होने से लेकर वापस आने तक हर गतिविधि अपडेट होती रहेगी सी टॉप्स के माध्यम से मतदान केंद्र में हो रहे मतदान और वहां पर मतदाताओं की लगी कतार की भी जानकारी मिलेगी सी टॉप्स ऐप छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड बायोटेक सोसाइटी चिप्स द्वारा तैयार किया गया है ओपी रावत बैठक छत्तीसगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ने कल रायपुर में विभिन्न पक्षों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं आयोग ने राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को नोट करते हुए राज्य की निर्वाचन मशीनरी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उन्हें सुनिश्चित कराने के लिए कहा कि वो इस तरह का माहौल सुनिश्चित करें कि जिससे सभी स्टेक होल्डर्स के मन में व्यवस्था के प्रति पूरा विश्वास हो और आम वोटर बिना किसी डर बिना किसी प्रलोभन के दबाव में यो अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में चुनाव के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो सेन्ट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आता है उसके बारे में भी निर्देश दिये कि उनका उपयोग जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया डोमिनेशन के लिए प्रभावी तरीके से किया जाए और सेन्ट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और पोलिंग ड्यूटी में आए लोगों को कैशलेश बेस्ट एवेलेब्ल हेल्थ फैसिलिटी में इलाज की व्यवस्था रहेगी

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि इन माओवादियों ने आज तोंगपाल थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया इन सभी पर कई माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है इधर कांकेर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के दो जवान घायल हो गए मिली जानकारी के अनुसार कोयलीबेड़ा के मरकानार इलाके में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है इसी दौरान सुरक्षा कार्य में लगे बीएसएफ के दो जवान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गए घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है बताया जाता है कि सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे इसी दौरान कमकानार के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवदियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई गई जिसके बाद माओवादी भाग गए इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया जिसका शव बरामद कर लिया गया है साथ ही घटनास्थल से एक राइफल भी बरामद की गई है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में कल राजधानी रायपुर में मोर रायपुर मोर वोट अभियान के तहत तेलीबांधा तालाब के किनारे मरीन ड्राईव में मतदान दीपोत्सव का आयोजन किया गया इसका श्भारंभ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने किया कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के करीब छह हजार छात्रों ने भाग लिया उन्होंने दीप जलाकर लोगों को अनिवार्य रूप से मंतदान करने का संदेश दिया इस दौरान मोर रायपुर क्लब के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया साथ ही लोगों को ईव्हीएम और वीवीपैट के बारे में भी जानकारी दी गई इधर कोंडागांव जिले के हड़ेली गांव में ग्रामीणों ने आओ करे मतदान तभी तो छत्तीसगढ़ भरेगा उड़ान नारे के साथ अनिवार्य मतदान की शपथ ली युवाओं ने स्वीप रंगोली नुक्कड़ नाटक और बैनर पोस्टर के जरिये लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया वहीं सुकमा जिले के मिनी स्टेडियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई यहां पर स्कूली बच्चों ने गोण्डी हल्बी और हिन्दी में नाटक प्रस्तुत कर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया पदस्थापना आबकारी आयुक्त और सचिव डीडी सिंह को निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद हटा दिया गया है उनके स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को राज्य का नया आबकारी आयुक्त और सचिव बनाया गया है वे छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक भी होंगे कमलप्रीत के पास जीएडी इंडस्ट्री फायनेंस का प्रभार भी रहेगा वहीं डीडी सिंह अब खेल युवा कल्याण और वाणिज्यिक कर पंजीयन की जिम्मेदारी संभालेंगे गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत से डीडी सिंह के खिलाफ शिकायत की गई थी इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें आबकारी आयुक्त और सचिव के पद से हटाने का निर्देश दिया पटाखा समय सीमा उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदेश में दीपावली पर्व पर पटाखा फोड़ने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में दीपावली पर रात आठ से दस बजे तक निर्धारित ध्वनि सीमा एक सौ पच्चीस डीबी तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक संरक्षण मंडल की ओर से पटाखा दुकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है इसके लिए सभी संबंधित विभागों के संयुक्त निरीक्षण दल बनाए गए हैं संक्षिप्त समाचार निर्वाचन आयोग के आदेश पर नीलेश कुमार क्षीरसागर को रायपुर नगर निगम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेलमंडल के बिलासपुर कटनी और अनूपपुर अंबिकापुर सेक्शन में आवश्यक रखरखाव के कारण कल तीन नवंबर को कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बिलासपुर के संभागायुक्त टीसी महावर ने उप संचालक को नोटिस जारी किया है